केन्द्र सरकार ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर जताई गहरी चिंता वाहनों के साथ साथ वाहन चालक की फिटनेस की नियमित जांच कराने के दिये निर्देश प्रदेश में कई दिनों से रूक रूक कर हो रही वर्षा के कारण सामान्य जन जीवन प्रभावित केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि दो हजार चौबीस पच्चीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य वास्तविक योजना पर आधारित है राज्यसभा में कल बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों का ब्यौरा दिया वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में जो व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वह राजकोषीय सुद्द ढता से समझौता किये बिना निवेश में वृद्धि की योजना पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्वता दर्शाता है यह बजट कृषि सामाजिक क्षेत्र विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्दता दर्शाता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने निवास पर भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों से मुलाकात की पार्टी सांसदों से मुलाकात का यह पांचवा सिलसिला था पार्टी सांसदों को सात समूहों में विमाजित किया गया है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पार्टी सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं उन सांसदों से भी वे मिल चुके हैं जो कभी मंत्री रह चुके हैं हमारे संवाददाता ने सुत्रों के हवाले से खबर दी है कि इस बैठक का उददेश्य दोनों सदनों के भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ सीधी मुलाकात का अवसर प्रदान किया जाना और विभिन्न मुद्दों विशेषकर संसदीय मामलों में प्रधानमंत्री से दिशा निर्देश प्राप्त करना है नवनिर्वाचित सत्रहवीं लोकसभा में कुल अठहत्तर महिला सांसद हैं इनमें इकतालिस भाजपा सांसद हैं लोकसभा ने रेल मंत्रालय के लिए दो हजार उन्नीस बीस की अनुदान मांगे पारित कर दी हैं अनुदान मांगों पर हई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा रेलमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रेल यात्री सुरक्षा के लिए सरकार ने पांच हजार छः सौ चालिस करोड़ रूपये आवंटित किए हैं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत दो चरणों में बयासी नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे

उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में बीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अट्ठावन जिलों की पहचान कर ली गई है जिनका अनुमोदन केन्द्र सरकार ने कर दिया है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और फैसले के लिए विधि तथा न्याय मंत्रालय ने विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की योजना तैयार की है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि निर्मया कोष के अन्तर्गत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति एक हजार से अधिक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत बनाने पर काम कर रही है लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस ध्वनिमत से पारित कर दिया है इस विघेयक में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना में एक हजार सात सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे यह चार वर्ष में बनकर तैयार होंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देश भर में एक सौ छत्तीस आवासीय परिसरों में जल संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेगा जिसके तहत सरकारी आवासीय कालोनियों में भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए गढ़ढों का निर्माण किया जाएगा ताकि जमीन में जल का पुनर्भरण हो सके केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक सौ पैसठवें स्थापना दिवस के अवसर पर एक समारोह में आवास और शहरी मामलों के सचिव द्गाशंकर मिश्र ने कहा कि विभाग सौ दिनों में सौ आवासीय कालोनियों में जल संरक्षण के आवश्यक ढांचे तैयार करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यातायात मानकों को अपना कर इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता बतायी श्री योगी लखनऊ में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने वाहनों की फिटनेस के साथ साथ प्रत्येक वाहन चालक की मेडिकल फिटनेस की जांच नियमित रूप से कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए हर तीन महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाये उन्होंने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल आपूर्ति न करने के लिए कहा श्री योगी ने रात्रिकालीन चार सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली बसों में दो वाहन चालक रखना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गो पर प्रत्येक पन्द्रह किलोमीटर पर रम्बल स्ट्रिप्स लगाने के भी निर्देश दिये उन्होंने चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट व्यवस्था का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये आज राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े बैंक वसूली मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं वैवाहिक वादों श्रम वादों भूमि अधिग्रहण वादों विद्युत एवं जल बिल विवाद आदि से संबंधित वादों का आज विभिन्न लोक अदालतों के माध्यम से निपटारा किया जायेगा प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई स्थानों पर मकानों के धसने और पेड़ों बिजली के खम्भों और तारों के टूटने से भारी नुकसान हुआ है विभिन्न जिलों में इस दैवी आपदा से चौदह लोगों की मृत्यु हो गयी है गोरखपुर सीतापुर कुशीनगर बस्ती वाराणसी चंदौली और लखनऊ में हो रही बारिश ने लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर डाला है कई जिलों में स्कूलों को कल तक बंद कर दिया गया है प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस समय कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में दैवीय आपदा की घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हए मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर सीतापुर प्रतापगढ़ हरदोई जौनपुर कानपुर देहात कन्नौज और बाराबंकी में सर्पदंश और अति वृष्टि के कारणों से ये मौतें हुई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिये हैं सहारनपुर मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय मार्ग पर देवबंद में एक लोडर वाहन और एक कार के बीच हुई टक्कर के बाद लोडर वाहन पलट गया जिससे आठ लोगों की मौत हो गयी और बाईस अन्य घायल हो गये मृतकों में सात महिलायें और एक प्रूष शामिल हैं उधर सुल्तानप्र जिले के कटका खानप्र करबे के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में कल रात अयोध्या जा रही आन्ध्रप्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी पर्यटन बस के ऊपर बरगद का पेड़ गिर जाने एक महिला समेत दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और बाईस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है